बागवानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि का उपयोग उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार में करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश को देश की हार्टिकल्वर कैपीटल बनाने का संकल्प लिया है

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एस के बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना पर प्रकाश डालते हुए बैंकों का अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया

उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है ब्लड बैंक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब निःशुल्क में रक्त उपलब्ध कराया जायेगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि अभी तक सिर्फ गरीब मरीजों को निशुल्क में रक्त दिया जाता था लेकिन यह सुविधा अब सभी श्रेणी के मरीजों को सुलभ होगी प्याज केन्द्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले छह महीने से जारी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है रबी की भारी पैदावार के कारण मूल्य में कमी के अनुमान को देखते हुए किसानों के हित की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया

सेवानिवृत उप निरीक्षकों के अनुभवों का लाभ लेने के मकसद से इस सेमीनार का आयोजन किया गया है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकर्ते हैं

इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं परीक्षा एप सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं के परिक्षार्थियों के लिए एक एप लॉन्च किया है इस ऐप से छात्रों को अपना परीक्षा केंद्र और घर से केंद्र के बीच की दूरी पता करने में आसानी होगी

नानाजी को श्रद्वांजलि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी दीनदयाल शोध संस्थान के संरक्षक मदन दास प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्यसभा सदस्य प्रभात झा मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के अलावा कई लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे

यहां सत्र न्यायाधीश आर सी वार्ष्णेय और अन्य न्यायाधीशों ने उनका स्वागत किया इस दौरान उन्होंने जिला न्यायालय प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली वहीं उन्होंने जिले में स्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया जहां उन्होंने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का अध्ययन किया भ्रमण पर आये न्यायाधीश ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि वे भारतीय न्यायपालिका का अध्ययन कर रहे हैं

कार्रवाई में आयकर विभाग के विभिन्न जिलों के दल शामिल है वहीं होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलो में भी आयकर विभाग ने आज माहेश्वरी ब्रदर्स के कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा

बलिदान दिवस अलीराजपुर जिले में स्थित भाभरा में आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई भाभरा उनकी जन्मस्थली है और प्रति वर्ष उनके बलिदान दिवस पर उनका स्मरण करने के लिए हजारो लोग जुटते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आज उनका पुण्य स्मरण किया है श्री कमलनाथ ने ट्वीट के माध्यम से अमर बलिदानी आजाद का स्मरण करते हुए उन्हें भारत माता का वीर सप्रत बताया भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता और अन्य नागरिक भाभरा में आजाद स्मारक पहुंचे और शहीद चंद्रशेखर के प्रति श्रद्दासुमन अर्पित किये

बैतूल जिले में एक नाबालिग किशोरी से हाल ही में हुए दुष्कर्म के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है